एनजीटी ने आरओ प्यूरीफायर पर रोक लगाने संबंधी अधिसूचना जारी करने मे हो रही देरी को लेकर पर्यावरण और वन मंत्रालय से मांगा जवाब चित्तौडगढ के बेगूं विधायक को रिश्वत देने के आरोप में एसीबी ने बेगूं थानाधिकारी और एक हवाला एजेन्ट को किया गिरफ्तार जयपुर में मसाला चौक की तर्ज पर तीन स्थानों पर चौपाटी विकसित की जायेगी

श्री मोदी ने कल न्यूयोर्क में भारत कैरिकॉम सम्मेलन में ये घोषणा की इससे पहले न्यूयॉर्क में ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम के वार्षिक आयोजन में मुख्य भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश में कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है उन्होंने वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश के लिये आमंत्रित किया

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि निजी अस्पताल जा रहे मरीजों को भी टीबी की दवा मुफ्त दी जा रही है

इस सम्मेलन का उदघाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु करेंगे सम्मेलन में विभिन्न देशों की जानी मानी हस्तियां शिरकत करेंगी इस पांच दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कई केन्द्रीय मंत्री भी भाग लेंगे

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कमार गोयल की पीठ ने आदेश के अमल के लिए आठ महीने का समय मांगने संबंधी मंत्रालय की प्रार्थना को अतार्किक करार दिया अधिकरण ने केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण सीजीडब्ल्यूए को एक हफ्ते के भीतर भूमिगत जल के आंकडे अद्यतन करने को कहा है

उन्होंने कहा कि खादी की परम्परा और इसका उत्पादन बढ़ाकर बिक्री पर विशेष जोर देना चाहिए नई दिल्ली में प्रस्तावित राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केन्द्र पर विचार विमर्श में श्री गडकरी ने कहा कि देश के युवाओं में खादी को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है

उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शिकायत की गहनता से अनुसंधान कर हवाला एजेन्ट हिमांशु को विधायक के आदमी को रिश्वत की राशि देते हुए जयपुर के विद्याधर नगर से गिरफ्तार किया वहीं चित्तौडगढ ब्यूरो के दल ने थानाधिकारी विरेन्द्र सिंह को हवाला के माध्यम से विधायक को रिश्वत राशि भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया

ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन ने बताया कि सिविल वर्क ऑर्डर के किये गये काम के पेटे फाइनल बिल और अमानत राशि के भुगतान करने और समयावधि बढाने की एवज में ये राशि मांगी गई थी

श्री मीणा कल सीकर जिले के नीम का थाना तहसील के नयाबास में खादी प्रोत्साहन और विकास कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे

ये सभी एक ही परिवार से थे

ये तीनों चौपाटी मानसरोवर में अरावली मार्ग प्रतापनगर के हल्दीघाटी मार्ग और नायला स्थित दस्तकार नगर योजना में विकसित की जाएंगी आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि आवासन मंडल जयपुर चौपाटी के अलावा मानसरोवर में अरावली मार्ग और वीटी रोड के बीच अपनी खाली जमीन पर फाउन्टेन स्क्वेयर भी विकसित करने जा रहा है यहां पानी का रंगीन फव्वारा आकर्षण का प्रमुख केन्द्र होगा साथ ही लोगों के मनोरजंन के लिए यहां शाम के वक्त बैंड वादन और स्ट्रीट परफॉर्मर्स की आर्ट एण्ड कल्वरल परफॉरमेंस भी नियमित रूप से होंगी